श्री मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के निमंत्रण पर वहां पहुंचे हैं इस यात्रा से दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी और मजबूत होने की उम्मीद है

प्रधानमंत्री आज सऊदी अरब के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के तीसरे सत्र को सम्बोधित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस दिन गुजरात के केवडिया में सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में गृहमंत्री अमित शाह रन फोर यूनिटी दौड को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे प्रदेश की राजधानी जयपुर सहित जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर भी इस दौड का आयोजन किया जायेगा पांच दिवसीय दीपोत्सव की कड़ी में आज भाईदूज का पर्व मनाया जा रहा है भाई बहन के स्नेह के प्रतीक इस पर्व में बहने भाईयों की लम्बी उम्र की कामना करती हैं इस अवसर पर प्रदेशभर में पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ बहने अपने भाईयों के माथे पर तिलक लगाकर सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं इससे पहले कल प्रदेशभर में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का त्यौहार मनाया गया इस अवसर पर पशुपालकों ने अपने पशुओं को सजाधेजा कर उनकी पूजा अर्चना की महिलाओं ने भी घरों के आगे गोबर से गोवर्धन बनाकर सुख समृद्धि की कामना की अन्नकूट पर्व पर मंदिरो में भी विशेष झांकियां सजाई गई और प्रसाद का वितरण किया गया झंझनू में दीपावली के अवसर पर कमरूद्दीन शाह दरगाह की दहलीज भी दीपकों से जगमगा उठी दरगाह में करीब दो सौ सालों से यह परंपरा चली आ रही है और इस बार भी पारम्परिक हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाया गया आदिवासी बहुल जिलों में गोवर्धन को लेकर विशेष उल्लास देखा गया

सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगा है कई जिलों में बादल छाये रहने और ठण्डी हवाए चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कल देर शाम हल्की बूंदाबांदी हुई बूंदी में भी कल दोपहर हल्की वर्षा हुई नागौर बाडमेर और राजधानी जयपुर में भी दिनमर बादल छाये रहे

गुलाबी सर्दी के साथ ही प्रदेशभर में देशी विदेशी पर्यटकों की आवक बढ़ गई है हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि जिले के माउंट आबू में त्यौहारी सीजन पर बड़ी संख्या में सैलानी देशाटन का आनंद ले रहे हैं